प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जल संरक्षण का उल्लेख किया है बेटी व्रक्ष और शिक्षक शीर्षक से लिखे ब्लॉग में उन्होंने जल संरक्षण की सदियों पुरानी प्रक्रिया की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण के बारे में उनका ट्वीट पसंद करने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है उन्होंने इस पहल के प्रति लोगों की उत्सुकता का भी स्वागत किया है प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और बागवानी से जड़ो उस परंपरागत तकनीक का जिक्र किया है

प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र में वेरावल क्षेत्र के एक शिक्षक की दिल को छू लेने वाली कहानी साझा की है उन्होंने पेड़ उगाने के लिए स्कूल शिक्षक के अनूठे प्रयोग और वृक्षारोपण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के तरीके की भी सराहना की है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में बर्तन धोने के बाद बचे पानी से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है उन्होंने ब्लॉग के अत में लोगों से पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए इस तरह के अनूठे उपाय और प्रयोग साझा करने का अनुरोध किया केन्द्र ने देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों से अपने अपने क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की कारगर निगरानी के लिए एक प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्वार करने को कहा है केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गये भू जल की मात्रा और उसके पनर्भरण की निगरानी करेगा लोगों की जानकारी के लिए इस सूचना को मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के भाग के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किये गये हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान जिस तरह से दलहन और तेलहन पर काम किया जा रहा है उससे जल्द ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं श्री योगी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि विज्ञान केन्द्रों की अहम भूमिका होगी मख्यमंत्री ने इस अवसर पर सात सौ पचास किलोवाट क्षमता वाले सोलर संयंत्र का शुभारम्भ और एक छात्रावास का शिलान्यास भी किया कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए आज नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं के बजाय आय केन्द्रित योजनाओं पर केन्द्रित की है सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया

इससे सरकारी आवास में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को तेजी से हटाने में मदद मिलेगी और बारी का इंतजार कर रहे पात्रता वाले लोगों को आवास आवंटित हो सकेंगे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

आगरा जनपद में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुई बस द्र्घटना के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन आयुक्त आगरा के मंडल आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक की समिति से जांच कराये जाने के आदेश दिये हैं यह समिति दर्घटना के कारणों की जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अपनाये जाने वाले उपायों के संबंध में अपनी संस्तुति देगी मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में यात्रियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है मारे गये सभी मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दी जायेगी

उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और चिकित्सालयों में घायलों से मुलाकात कर अधिकारियों को उनके समुचित इलाज के निर्देश दिये

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की लखनऊ से दिल्ली जा रही यह बस सड़क से फिसल कर झरना नाले में गिर पड़ी थी पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की बारहवीं पुण्य तिथि पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यकम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यकम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चन्द्रशेखर और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पर्याय हैं उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने समाजवाद को बचाने का कार्य किया और वह देश में समाजवाद की आखिरी कड़ी थे उन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना और कार्यक्रम के आयोजक विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला प्रदेश के अधिकांश भागा में हल्की से भारी वर्षा हो रही है जिससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं कृषि कार्यो में तेजी आ गयी है वर्षा होने के बाद किसानों ने अपने खेतों की जुताई शुरू कर दी हैं वहीं खेतों में धान की रोपाई का काम काफी तेज हो गया है हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट मॉनसून अब पूरे प्रदेश में पहुंच चुका है और पिछले चौबीस घंटों से अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है तराई और पूर्वाचल के जिलों में जमकर बारिश हुई है सिद्धार्थनगर मऊ अयोध्या झांसी वाराणसी और चंदौली जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है मॉनसून के पहुंच जाने से किसानों को धान और दूसरी फसलों की बुवाई में आसानी होगी जो बारिश न होने की वजह से पिछड़ रही थीं मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इस बीच प्रदेश में बारिश के चलते हुए हादसों में तीन बच्चों समेत तेरह लोगों की जान चली गई है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपूर में आज से पांच दिनों तक चलने वाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कार्यकम की शुरूआत हो गयी इस कार्यकम का उद्दश्य विभिन्न मंत्रालयों और एमएसएमई कंपिनयों की चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजना है

कार्यकम के दौरान पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से चयनित छात्र छात्राएं विभिन्न मंत्रालयों और एमएसएमई कंपनियों द्वारा दी जाने वाली चुनौतीपूर्ण समस्याओं पर काम करेंगे